विधानसभा चर्चा विधानसभा में आज आम बजट पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोंकझोक हुई सत्तापक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्री ने जो तीन घंटे की बजट फिल्म दिखाई है वह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी और पांच साल बाद रिपीट भी होगी जबकि विपक्षी दल कांग्रेस का कहना था कि फिल्म का ट्रेलर ही इतना खराब है तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर पिटना भी तय है भाजपा के राकेश पठानिया ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की थी यहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए केन्द्र सरकार का आभार भी जताया ऐसे में अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब अपने बजट में नई घोषणाएं की हैं तो विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है

पठानिया ने कहा कि इस बजट में मुख्यमंत्री ने पार्टी विधायकों से विचार विमर्श करने के बाद योजनाएं घोषित की हैं

पठानिया ने सरकार को ज्यादा कर्ज न लेकर प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारकर उसे बढ़ावा देने और आय के संसाधन जुटाने का सुझाव भी दिया वहीं कांग्रेस के जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजट में अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी नहीं है प्रदेश में बेराजगारों की संख्या लगातर बढ़ रही है और यहां कुल आबादी के एक चौथाई लोग बरोजगार हैं पहले अच्छे दिन की बात कही जाती थी लेकिन अब जोश की बात कही जा रही है जबकि सभी का जोश ठंडा पड़ चुका है उन्होंने कहा कि बजट में एसएमसी आउटसोर्स पीटीए गरीबों किसानों बेरोजगारों अनुसूचित जाति और जनजाति सहित अन्यों को छला गया है चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नरेंद्र बरागटा ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का विकास का ध्यान रखा गया है वक्तव्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिले के परवाणू में दो ट्रक यूनियनों के बीच हुई झड़प की घटना पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही विधानसभा में आज एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पड़ोसी राज्य से सटा होने के कारण संवेदनशील है और औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कल दो ट्रक यूनियनों के बीच हुई झड़प से परवाणू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई हालांकि स्थानीय प्रशासन व पुलिस की तरफ से दोनों ट्रक यूनियनों के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के प्रयास किए गए इन ट्रक यूनियनों के बीच में तनाव खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा दो बार बैठकों का आयोजन किया गया इससे पहले प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने इस घटना को सदन में उठाना चाहा लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इसकी इजाजत नहीं दी

इन प्रतिनिधियों ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से मुलाकात की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों को प्रदेश के अस्तित्व और सामरिक महत्व की जानकारी दी विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों को ई विधान प्रणाली की जानकारी दी बाद में प्रतिनिधियों ने विधानसभा में दर्शक दीर्घा से सदन की कार्यवाही को भी देखा भेंट इस बीच नाहन की ग्रामीण व शहरी विकास संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से भेंट की समिति के अध्यक्ष खेम बहादुर ने नाहन कैंट में सेना के साथ चल रही भूमि संबंधी समस्या के जल्द निपटारे का आग्रह किया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को बताया कि क्षेत्र के करीब पांच हजार लोग राजस्व रिकॉर्ड में गलती की वजह से इस समस्या से जूझ रहे हैं राजीव बिंदल ने सेना और सिविल सोसायटी से जुड़ी अन्य समस्याओं का भी जिक किया मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं भाजपा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशभर में आज मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यकम का आयोजन किया इसके तहत विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी के झण्डे फहराए गए शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अभियान के तहत पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के आवास पर झण्डा फहराया इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री के ओएसडी महेन्द्र धर्माणी भी मौजूद रहे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना में पार्टी का झण्डा लगाया इसी तरह मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी विभिन्न स्थानों पर मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यकम के तहत कार्यकर्ताओं के घर जाकर भाजपा का ध्वज लगाया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि समपर्ण दिवस और मेरा परिवार भाजपा परिवार पार्टी का विशेष कार्यक्रम है जो देशभर में चल रहा है उन्होंने बताया कि हिमाचल में भी हर बूथ पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं प्रश्नकाल प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश में कारपोरेट सोशल रिस्पांसीबिल्टी सीएसआर की धनराशि कम मात्रा में खर्च हो रही है उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी तक ऐसा कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं हुआ है जिसके तहत यह सुनिश्चित हुआ हो कि सीएसआर की राशि प्रदेश में ही खर्च हो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह प्रयास करेगी कि सीएसआर की राशि प्रदेश में खर्च हो जयराम ठाकुर ने विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसी परिस्थिति भी नहीं होनी चाहिए कि उद्योग ही हतोत्साहित हो उन्होंने कहा कि उद्योगों द्वारा प्रदेश में सीएसआर की राशि खर्च करने के लिए सरकार प्रयास करेगी

उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत यह उद्योग भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आते हैं ऐसे में प्रदेश सरकार अनाधिकृत रूप से इस मामले को उद्योगों से उठाती है लेकिन सरकार के पास कानूनी रूप से अधिकार नहीं है वहीं भाजपा के परमजीत सिंह पम्मी ने अनुप्रक सवाल करते हुए इसके लिए कानून बनाने का सुझाव दिया इसको लेकर कांग्रेस की आशा कुमारी ने भी अनुपूरक सवाल किया

उन्होंने कहा कि इसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स में आईजीएमसी से डॉक्टरों पैरामिडिक्स और नर्सो को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है परमार ने कहा कि इसके लिए तीन साल का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है और नैफ्रोलोजी यूरोलोजी पैथोलॉजी व एनसथीसिया विभाग के डॉक्टरों को शामिल करना आवश्यक है

भाजपा के किशोरी लाल ने आनी विधानसभा क्षेत्र में सांइस ब्लॉक न होने का मामला उठाया इस पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि दलाश व आनी के अन्य ब्लाकों में सरकार द्वारा धनराशि और नए सांइस ब्लॉकों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की जा रही है उन्होंने कहा कि कुछ सांइस ब्लॉकों का काम पहले से ही चल रहा है

उन्होंने कहा कि आईपीएच की अधिकतर संपति पंप हाउसों श्मशानघाटों और नदियों के किनारे है ऐसे में सरकार इन संपतियों की उचित व्यवस्था के लिए चिंतित है

किन्नौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पदम सिह नेगी ने बताया कि मामला सामने आने पर डॉक्टरों की एक टीम बरी गांव भेजी गई और युवक के संपर्क में आए लोगों को दवाईयां दी गई है

इस संबंध में जिला दंडाधिकारी यूनुस ने कहा कि बर्फबारी के कारण जिला के ऊपरी क्षेत्रों की कुछ सड़कों को साफ करने का कार्य जारी है और अगले कुछ दिनों तक फिर से बर्फबारी की संभावना है

प्रवक्ता ने बताया कि परीक्षा की विषय बार तिथियां बोर्ड की वैबसाईट पर अपलोड कर दी जाएगी